पीठ ने स्वैच्छिक संगठन से उपयुक्तर आवेदन दायर करने को भी कहा है याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस योजना के तहत राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रूपये बेनामी दिये जा रहे हैं नामांकन जांच तीसरा चरण लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम कल शाम समाप्त हो गया था सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं

प्रदेश नामांकन प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये नामांकन का सिलसिला जारी है शहडोल लोकसभा क्षेत्र के लिये आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह और सीपीआई प्रत्याशी शेमकली कोल अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं शहडोल संसदीय क्षेत्र का आरओ कार्यालय अनूपपुर में होने की वजह से नामांकन अनूपपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किये जा रहे हैं

सुमित्रा महाजन पत्र लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से आठ बार की सांसद सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है आज उन्होंने एक पत्र जारी किया पत्र में उन्होंने लिखा कि भाजपा में उनके टिकट को लेकर असमंजस है और निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है इसलिए अब मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड्रंगी पार्टी को अब इंदौर सीट पर जल्द नाम तय करना चाहिए

लेकिन भाजपा का गढ़ कही जाने वाली इंदौर सीट पर अब भी असमंजस बना हुआ है विशेष चुनाव बुलेटिन आकाशवाणी भोपाल अपने श्रोताओं तक लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरों को तुरन्त पहुंचाने के लिये विशेष चुनाव बुलेटिन प्रसारित कर रहा है ये समाचार बुलेटिन आज से मतगणना तक सतत रूप से जारी रहेंगे

साथ ही लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से पड़ताल के लिये प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल आपका वोट आपकी सरकार नामक कार्यक्रम के जरिए परिचर्चा लाइव प्रसारण और विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर सम्यक विश्लेषण भी प्रसारित करेगा मौसम प्रदेश में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है

सागर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर जबकि ग्वालियर इंदौर होशंगाबाद संभागों के जिलों में लू का प्रभाव देखा जा रहा है राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उज्जैन चम्बल और ग्वालियर संभागों के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है जबलपुर दमोह सागर खरगौन रतलाम और गुना में कल गर्म हवाएं चली

मौसम विभाग ने आज सागर होशंगाबाद इन्दौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और ग्वालियर चंबल शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका व्यक्त की है